पटना और मुंगेर में बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी

पछुआ हवा के कारण ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी

पटना और मुंगेर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है ठंड में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गयी है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने स्थिति पर नजर रखने के लिये कंट्रोल रूम स्थापित किया है पश् चिकित्सकों और विशेषज्ञों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिये अलर्ट पर रखा गया है वहीं पटना में हेल्पलाईन दो दो तीन शून्य नौ चार दो स्थापित किया गया है जिस पर फोन कर किसी भी स्थिति की जानकारी दी जा सकती है इस द्रभाष नम्बर से पहले पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाना होगा गौरतलब है कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से छह मोरों की मौत के बाद चिड़ियाघर को अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया गया है चिड़ियाघर को संक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है राजद से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी है विधानसभा सचिवालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है यादव की सदस्यता पंद्रह दिसम्बर से समाप्त की गयी है इस दिन पटना के विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में राजवल्लभ यादव को दोषी ठहराया था यादव की सदस्यता समाप्त होने के बाद विधानसभा में राजद विधायकों की संख्या अस्सी से घटकर उनासी हो गयी है गौरतलब है कि इससे पूर्व आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद पूर्व मंत्री और राजद विधायक इलियास हुसैन की सदस्यता भी समाप्त कर दी गयी थी मूंगेर पूलिस ने जबलपूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तस्करी कर लाया गया बाईसवां ए के सैंतालीस रायफल बरामद किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि शहर के प्रबसराय रेलवे स्टेशन के पास से तीन हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ये सफलता मिली है उन्होंने बताया कि कई देशी पिस्तौल कारतूस और नकदी भी बरामद किये गये हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं

प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में अपना प्रभारी नियुक्त किया है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अठारह राज्यों में प्रभारियों की सूची जारी की

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को झारखंड और विधायक नितिन नवीन को सिक्किम की जिम्मेवारी दी गयी है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है पछ्आ हवा के कारण कनकनी भी बढ़ गयी है गया और आसपास के जिलों में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान लगभग साढ़े चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से में ठंड में बढ़ोतरी के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की है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 घने कोहरे के कारण राजधानी एक्सप्रेस संपूर्ण क्रांति मगध एक्सप्रेस सहित कई रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं दर्जनों ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कटिहार से अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस और किशनगंज से अजमेरशरीफ जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस को अठारह फरवरी तक के लिये रद्द कर दिया है वहीं घने कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद का अंतिम संस्कार आज हाजीपूर के कोनहारा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा स्थानीय विधायक अवधेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में पंचमहला मोहल्ले में एक प्राने मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी सूत्रों ने बताया कि मकान काफी जर्जर था और सकरी गली होने के कारण वहां से गुजर रहे कई लोग घायल हो गये जिला प्रशासन की ओर से मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा देकर जदयू में शामिल होने की घोषणा की है श्री कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा पर कार्यकर्ताओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी महागठबंधन के नेताओं से भी बातचीत चल रही है यदि महागठबंधन से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे गौरतलब है कि जदयू से टिकट नहीं मिलने पर अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा से निर्दलीय ही जीत हासिल की थी राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है श्री टंडन ने अपने निर्देश में कहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र तक विश्वविद्यालय में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा किया जाये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गयी है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री कुमार के सभी सरकारी और अन्य कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है भाजपा द्वारा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दिवंगत व्यवसायी और पार्टी नेता गुंजन खेमका की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि गुंजन खेमका के हत्यारों को हर हाल में सजा दिलायी जायेगी उन्होंने कहा कि गुंजन खेमका की हत्या से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी कुमारी आशा अवैध संपत्ति मामले में आज पटना में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई गौरतलब है कि ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के पुत्र और उसकी पत्नी को समन जारी कर अधिकारियों के समक्ष संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना के राजधानी वाटिका इको पार्क में मिग ट्वेंटी वन का लोकार्पण किया इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव और सेना के अधिकारियों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे राजधानी वाटिका में जाने वाले पर्यटक अब मिग ट्वेंटी वन लड़ाकू विमान देख सकते हैं और इसके साथ अपनी फोटो भी ले सकते हैं अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुलाकी बिगहा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनतालीस पर पुलिस ने एक पिकअप वैन से इक्यासी कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद शराब समस्तीपुर के रोसड़ा से लायी जा रही थी वहीं जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर करहरी टांड के पास पुलिस ने आज एक ट्रक से पांच सौ कार्टन बीयर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के मंडल कारा के कैदी अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गये हैं मंडल कारा के जेलर द्वारा तलाशी के दौरान एक कैदी की कथित पिटाई के विरोध में कैदियों ने यह फैसला किया है वार्ड में मोबाईल मिलने की सूचना पर कल देर रात कैदियों के वार्ड में छापेमारी की गयी थी वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास महात्मा गांधी सेतु रोड पर अज्ञात अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक दीनानाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी कल देर रात वे गोरौल से अपने घर लौट रहे थे उसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया

पटना और मुंगेर में बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी

पछुआ हवा के कारण ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी